वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कराधान कानून में प्रस्तावित संशोधनों से मेक इन इंडिया और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता समिति से पहली अगस्त को रिपोर्ट पेश करने को कहा

इससे पहले कराधान कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इन संशोधनों से मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप को बढ़ावा मिलेगा

जैसा कि पिछली एन डी ए सरकार का लक्ष्य था

वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि रिजर्व बैंक कानून में संशोधन का उद्देश्य गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के मामले में इसकी विनियामक शक्तियों को मजबूत करना है वित्तमंत्री ने कहा कि संशोधनों से देश में किफायती इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा इलेक्ट्रिकल वाहनों पर सब्सिडी के बारे में उन्होंने कहा कि ब्याज में कटौती से ग्राहक इस तरह के वाहनों की खरीद के लिए अधिक आगे आएंगे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के मसौदे पर विभिन्न पक्षकारों की ओर से साठ हजार से अधिक सुझाव मिले हैं मसौदे पर सुझाव और टिपणी देने की अंतिम तिथि इस महीने की इकत्तीस तारीख है प्रसार भारती के साथ विशेष मेंट में डॉक्टर निशंक ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मसौदा नीति तैयार करने के लिए शिक्षकों वैज्ञानिकों और किसानों सहित विभिन्न पक्षकारों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया दो तीन सालों से शिक्षा नीति में रेग्यूलर चर्चा हो रही है और ये दस अलग अलग्यूप बने विरोषज्ञों के बने मुझे लगता है ये दृनिया का पहला इतना बड़ा अभियान होगा

आकाशवाणी के समाचार प्रभाग से विशेष भेंट में बल के महानिदेशक एस एन प्रधान ने कहा कि आपदा के समय सहायता के लिए नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवकों को भी तैयार किया जाएगा और वे मोचन बल के मित्र के रूप में काम करेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सिनेमा लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है कल नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित एक फिल्म समारोह में उन्होंने कहा कि यह एक लोकतांत्रिक माध्यम है जो विभिन्न भावनाओं को व्यक्त कर सकता है राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में कल पहले दिन कोई काम काज नहीं हुआ और दोनों सदनों की कार्यवाही आज तक के लिये स्थगित कर दी गई विघानसभा में सदन के दिवंगत सदस्य जगन प्रसाद गर्ग के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही आज ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई वहीं विधान परिषद में कार्यवाही ग्रुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने कानून व्यवस्था सोनथद्र जिले में हुए सामूहिक नरसंहार संभल में दो पुलिस कर्मियों की हत्या और सपा नेता आज़म खां के खिलाफ़ पंजीकृत किये जा रहे मुक़दमों पर सरकार को घेरा सदन में हंगामा जारी रहने की वजह से सभापति को कार्यवाही आज तक के लिये स्थगित करनी पड़ी आज अध्यादेशों और अधिसुचनाओं को सदन के पटल पर रखा जायेगा तेईस जुलाई को अनुपुरक बजट पेश होगा तथा चौबीस जुलाई को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और विनियोग विधेयक को पेश करने के बाद उस पर विचार होगा और उन्हें पारित कराया जायेगा सत्र छब्बीस जुलाई तक जारी रहेगा भारत ने अतंर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के मद्देनज़र पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को रिहा करने का आग्रह किया है

विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जाधव को स्वदेश लाने के प्रयास जारी रखेगी अतंर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में पन्द्रह न्यायाधीशों के बहमत से भारत के इस दावे को सही ठहराया है कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर आधारित संधि का खुला उल्लंघन किया है न्यायालय ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को दी गई सजा पर प्नर्विचार करने को कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को इकत्तीस जुलाई तक जारी रखने पर सहमति जाहिर करते हुए मध्यस्थता समिति से पहली अगस्त को रिपोर्ट पेश करने को कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में रिपोर्ट पर दो अगस्त को सुनवाई करेगी समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एफ एमआई कलीफुल्ला ने शीर्ष अदालत में प्रगति रिपोर्ट सौंपी

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले हफ्ते मध्यस्थता समिति से प्रगति रिपोर्ट अट्ठारह जुलाई तक अदालत में पेश करने को कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक गोपाल सिंह विशारद की अपील पर दिया है विशारद द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया था कि इस मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया में किसी तरह की प्रगति नहीं हो रही है वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर नई शिक्षा नीति मसौदे को लेकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कुलपतियों का चार दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए क्लपतियों ने उद्वाटन सत्र में भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा की रूपरेखा तय करने और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया इक्कीस जुलाई तक चलने वाले सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव पर विचार होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पं मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक मिशन के तहत आयोजित सम्मेलन में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के उन्नीस कुलपति और निदेशक हिस्सा ले रहे हैं साथ ही छः पूर्व कुलपति और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू के पूर्व अध्यक्ष भी सम्मेलन में अपने अनुभव को साझा करेंगे सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार उन्नीस के प्रारुप गुणवत्ता निर्धारण उच्च रिक्षा का पैमाना छात्रों की समस्या आदि मुद्दों पर चर्चा होगी भारतीय अतरिक्ष अनुसंघान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि चन्द्रयान दो का प्रक्षेपण अब बाईस जुलाई को दिन में दो बजकर तैंतालीस मिनट पर किया जायेगा पहले इसका प्रक्षेपण पन्द्रह जुलाई को किया जाना था लेकिन किसी तकनीकी कमी की वजह से इसे नहीं छोड़ा जा सका था चित्रकूट मंडल के चारों जनपद महोबा बांदा हमीरपुर और चित्रकूट में प्रधानमंत्री मातृत्व लाम योजना के तहत अड़तालीस हज़ार तीन सौ छत्तीस महिलाओं को लामान्वित किया गया है

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के लिये प्रचार प्रसार के साथ साथ अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराया जाता है आयकर विभाग ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के भाई आनन्द कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता के नोएडा स्थित चार सौ करोड़ रूपये के एक बेनामी भूखण्ड को जुब्त कर लिया है आयकर दिमाग की बेनामी सम्मत्ति रोधी इकाई के अनुसार इस भूखण्ड का क्षेत्रफल सात एकड़ है बसपा प्रमुख ने हाल ही में आनन्द कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था